जम्मू कश्मीर में अनन्तनाग जिले के बीज बहेडा इलाके में आज सुबह मुठभेड़ में दो आतंकवादी ढेर

प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही चुनाव प्रचार में राजनैतिक दलों और प्रत्याशियों ने जोर आजमाइश तेज कर दी है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहल गांधी अभी जालौर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे है श्री गांधी आज ही अजमेर जिर्ल में भी आमसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी अजमेर जिले से कांग्रेस प्रत्याशी रिजू झुनझुनवाला के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे

वे यहां कांग्रेस प्रत्याशी रामनारायण मीणा के समर्थन में जनसभा करेंगे राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट प्रदेश प्रभारी अविनाश पाण्डे सहित अनेक मंत्री और विधायक भी जनसभा में मौजूद रहेंगे कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी जालौर में जनसभा को संबोधित करेंगे सवाईमाधोपुर में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत चल रहे सतरंगी सप्ताह में आज दिव्यांगजनों की ट्राई साईकिल रैली निकाली गई

इसी तरह पाली शहर में भी कॉलेज के छात्रों ने अधिक से अधिक मतदान करने का संकल्प लिया

बाडमेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र में घूंघट में मतदान के लिये आने वाली महिलाओं के चेहरे पहचानने के वास्ते हर बूथ पर दो महिला कार्मिकों की नियुक्ति की गई है ये कार्मिक किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर घूंघट से चेहरा देखकर बतायेंगी कि वोट देने वाली महिला मतदाता सही है या फर्जी

जम्मू कश्मीर में अनन्तनाग जिले के बीज बहेडा इलाके में आज सुबह मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गये सुरक्षा सुत्रों ने बताया कि इस इलाके में आतंकवादियों का सुराग मिलने पर सुरक्षा बलों ने देर रात कार्रवाई शुरू की जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलंबाग सिंह ने आकाशवाणी को ये जानकारी दी सीकर के नागवा से दुल्हन अपहरण मामले की निष्पक्ष जांच और अन्य कई मांगो को लेकर आज एक समाज के संगठनों की ओर सीकर बंद है इसे देखते हुए प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये माकुल इंतजाम किये है

खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हरियाणा और मध्यप्रदेश से सबसे ज्यादा गेह खरीद हई है

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने इंदिरा गांधी नहर के निर्माण कार्यो में भ्रष्टाचार की शिकायत पर छापा मारकर निर्माण सामग्री के लिये नमुने लिये है इन नमुनों को एफ एस एल जांच के लिए भेजा जाएगा कमी पाए जाने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा इस दौरान जांच जारी रहेगी

उच्च न्यायालय ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं और संसाधनों को लेकर प्रमुख शिक्षा सचिव से शपथ पत्र पेश करने को कहा है यह आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए गए अदालत ने शपथ पत्र के जरिए बताने को कहा है कि स्कूलों में बालक बालिकाओं के शौचालयों और उनमें पानी की पर्याप्त उपलब्धता के साथ ही सफाई बिजली कनेक्शन और पेयजल के लिए क्या व्यवस्था है इसके साथ ही अदालत ने इन स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर सरकार से कार्य योजना भी पेश करने को कहा है अजमेर और हैदराबाद के बीच आज से विमान सेवा शुरू हो गई है आज सुबह किशनगढ एयरपोर्ट पर हैदराबाद से पहली उडान यात्रियों को लेकर पहुंची अजमेर और हैदराबाद के बीच की यात्रा दो घंटे दस मिनट में पुरी होगी

अधंड की वजह से गलियों बाजारों और घरों में रेत की परत जम गई